और चिराग पासवान लोजपा के नये राष्ट्रीय अध्यक्ष चूने गये

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज तड़के शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक चार सौ अस्सी के आसपास रहा दो नवम्बर से सूचकांक का स्तर चार सौ या इसके आसपास बना हुआ है इस स्तर को स्वस्थ लोगों के लिए भी हानिकारक माना जाता है मुजफ्फरपुर में यह तीन सौ चौरानवे और गया में तीन सौ पैंतीस के आसपास बना हुआ है इधर प्रद्षण नियंत्रण के लिए प्रदेश भर में वाहनों के प्रद्षण की सघन जांच शुरू की गयी प्रद्षण के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में आज सुबह के समय ध्रंध की स्थिति देखी गयी विशेषज्ञों के अनुसार खेतों में फसल अवशेष जलाने वाहनों के प्रदूषण और खुले में चल रहे निर्माण कार्य के कारण वायु की गुणवत्ता में भारी गिरावट देखी गयी कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि फसल अवशेष जलाने की समस्या से निजात पाने के लिए नवीनतम कृषि यंत्रों की खरीद की जायेगी श्री कुमार ने कहा कि इसके लिए जिलों में उपलब्ध कुल वित्तीय लक्ष्य का कम से कम पन्द्रह प्रतिशत राशि व्यय की जायेगी कृषि मंत्री ने बताया कि उनके विभाग द्वारा फसल अवशेष जलाने वाले किसानों का आँकड़ा एकत्रित करने के लिए एक ऐप बनाया जा रहा है एप के माध्यम से उन किसानों के बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध होगी जो खेतों में फसल अवशेष जलाते हैं उन्होंने कहा कि फसल अवशेष जलाने पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रखंड और पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जायेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में विज्ञान और तकनीक का प्रभावी और प्रेरणादायक वातावरण बनाने के लिए काम कर रही है आज शाम कोलकाता में भारत के पांचवें अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आई आई एस एफ के उद्घाटन अवसर पर श्री मोदी ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा कि सरकार खोज और नवोन्मेष के लिए संस्थागत सहायता उपलब्ध करा रही है उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा और नवाचार के लिए अद्वितीय काम किया जा रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किये गये हैं

श्री नड्डा पार्टी के दिवंगत नेता कैलाशपति मिश्र की पुण्यतिथि के अवसर पर पटना में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे पूर्व केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की द्रसरी शाखा दरभंगा में ही बनेगी इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं श्री नड्डा ने कहा कि बिहार को आठ नए मेडिकल कॉलेज दिए गए हैं पूर्व केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक मंच पर भारत ने मजबूत राष्ट्र के रूप में पहचान बनायी है समारोह में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पूर्व अध्यक्ष और केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पार्टी के बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव पार्टी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के नये अध्यक्ष च्रने गये हैं पार्टी प्रमुख और केन्द्रीय मंत्री प्रमुख रामविलास पासवान ने आज इसकी घोषणा की नई दिल्ली में लोजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला किया गया चिराग पासवान फिलहाल पार्टी की संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं वे जमुई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से दूसरी बार लोकसभा के सदस्य चूने गये हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि खादी मॉल के माध्यम से खादी को एक नयी पहचान मिलेगी उन्होंने कहा कि मॉल में खादी के वस्त्रों के अलावा हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं भी लोगों को उपलब्ध होगी उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका को भी बल मिलेगा इस मॉल में बीस प्रतिशत की छूट पर खादी संस्थाओं द्वारा उत्पादित खादी वस्त्रों की बिक्री की जायेगी इस मौके पर उद्योग मंत्री श्याम रजक समेत कई अधिकारी और नेता मौजूद थे मॉल संस्कृति के प्रति युवाओं और लोगों के बीच बढ़ते आकर्षण को देखते हुए खादी के उत्पादों को नये रुप में यहां प्रस्तुत किया गया है पटना में पिछले दिनों भीषण जलजमाव के कारण वाहनों और अन्य संपत्तियों को हुई क्षति के बीमा दावा निपटारे और भुगतान को लेकर शहर के विभिन्न भागों में तेरह नवम्बर से शिविर लगाया जायेगा वित्त विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा है कि बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेन्स द्वारा राजेन्द्र नगर कंकड़बाग पाटलिपुत्रा कॉलोनी सैदपुर दानापुर एवं अधिक जल जमाव मामलों वाले अन्य क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे उन्होंने कहा कि बीमा कंपनियों से प्रभावित लोगों को एक माह के भीतर बीमा दावों का निपटारा करने को कहा गया है पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मिकीनगर रोड और पनिअहवा स्टेशन के बीच रेल विद्युत तार टूट जाने से कई स्थानों पर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है सप्तक्रांति सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन सहित कई गाड़ियां नरकटियागंज मुजफ्फरपुर रेलखंड पर पिछले दो घंटे से रूकी हुई हैं बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केन्द्रों की संयुक्त कार्यक्रम समन्वय समिति की बैठक आज आकाशवाणी के पटना केन्द्र में आयोजित की गयी मुख्य अतिथि आकाशवाणी पूर्वी क्षेत्र कोलकाता के अपर महानिदेशक आर घोष दस्तीदार ने श्रोताओं तक प्रसारण की नई तकनीकों के माध्यम से जानकारियां उपलब्ध कराने पर जोर दिया उन्होंने कहा कि बेहतर कार्यक्रमों के माध्यम से आमलोगों तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने में रेडियो एक सशक्त माध्यम है बैठक में आकाशवाणी पटना के केन्द्राध्यक्ष वेद प्रकाश आकाशवाणी महानिदेशालय नई दिल्ली के ओएसडी राजीव कुमार शुक्ल आकाशवाणी पटना के निदेशक पीकेठाकुर कार्यक्रम प्रमुख उमाशंकर झा आकाशवाणी कोलकाता अपर महानिदेशक कार्यालय की सहायक निदेशक स्वाति चट्टोपाध्याय दास सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे जमुई जिले में पुलिस और अर्द्वसैनिक बलों ने संयुक्त कार्रवाई में लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के थाढ़ी गांव के पास एक नक्सली को दो देशी पिस्तौल और पांच कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है इधर सक्रिय नक्सली रीता बैगा ने समजा के मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आज गया के नगर पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया बेगूसराय के सिमरिया में दूसरी परिक्रमा के साथ आज कल्पवास मेला सम्पन्न हो गया करीब पाँच किलोमीटर लंबी इस परिक्रमा में हजारों साध् संत खालसाओं कल्पवासियों और श्रद्वालुओं ने भाग लिया हाथी घोड़ा गाजा बाजा और कीर्तन भजन के साथ चल रहे श्रद्धालुओं से वातावरण गुंजायमान रहा वैशाली जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र के चौरसिया चौक के पास पेट्रोल पंप से अपराधियों ने छह लाख रूपये लूट लिये पुलिस सूत्रों ने बताया कि एक मोटरसाइकिल पर सवार दो अपराधियों ने चौरसिया चौक स्थित पेट्रोल पंप पर धावा बोला इसके बाद अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर पंप के कर्मचारियों को कब्जे में ले लिया और छह लाख रूपये लूटकर फरार हो गये बेगूसराय जिले में दो गुटों के बीच हुई गोलीबारी में बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चमथाागोप टोल में तीन लोगों की मौत हो गयी जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये